प्रदेश में पांच दिन का राजकीय शोक

श्री टंडन का आज सुबह निधन हो गया था

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री टंडन लखनऊ से सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ पहुंचकर श्री टंडन की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि आर्पित की इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया राष्ट्र ने एक महान हस्ती को खो दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी श्री टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि ये एक सक्षम प्रशासक थे जिन्होंने हमेशा जनकल्याण को महत्व दिया केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्री टंडन के देहांत पर शोक व्यक्त किया प्रदेश शोक राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें श्रद्वांजलि दी दो मिनट का मौन रखने के बाद बैठक को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया

इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा

आज सभी सरकारी ऑफिस और शिक्षण संस्थान बंद रहे मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्यिजय सिंह ने भी राज्यपाल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचियों को इस संबंध में पत्र लिखा है

शहडोल में कोरोना के तीन नये प्रकरण सामने आये हैं यह तीनों दूसरे राज्य से लौटे हैं

वहीं उमरिया में तीन लोगों में आज कोरोना की पुष्टि हुई है

होशंगाबाद जिले के पिपरिया में एक आभूषण कारोबारी में कोरोना संक्रमण की पुषिट हुई है

लॉ कडाउन भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज यहां बाग सेवनिया क्षेत्र में पांच दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया

हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी शेष दुकानें व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय आदि बंद रहेंगे राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लागू करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह बनाए गए हैं इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल रहते हैं समूह की बैठक में स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिए गए निर्णय के आधार पर शहर के अलग अलग क्षेत्र में लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया जा रहा है बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज से रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिदिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा टीकमगढ़ में पहले से ही टोटल लॉकडाउन जारी है खरगोन में भी इस शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी रहेगी वहीं जबलपुर में आज से रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा हीरा पन्ना में लॉकडाउन के दौरान एक मजदूर की किस्मत चमक गई

आनंदीलाल कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने अपने नौ साथियों के साथ मिलकर खुदाई की थी जिला हीरा अधिकारी एसएन पांडेय का कहना है कि लंबे समय बाद यह बड़ा हीरा मिला है जिसे विधिवत जमा करा दिया गया है अब इसको नीलामी में रखा जाएगा जो भी कीमत मिलेगी रॉयल्टी और टैक्स काटकर पूरी राशि मजदूर को दी जाएगी